मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ देश के सभी किसानो को देने का फैसला किया एक अन्य बड़े फैसले में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी गई इसके अंतर्गत लघू और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों की आयु अटठारह से चालीस वर्ष के बीच होनी चाहिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार ने मवेशियों के मुंह और पैरों की बीमारियों पर काबू पाने के लिए विशेष योजना को भी मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है उन्होने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह दो हजार रुपए से बढ़ाकर ढ़ाई हजार रुपए और लड़कियों की छात्रवृत्ति दो हजार दो सौ पचास रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रति माह कर दी है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

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत वायु सेना प्रमुख मार्शल बी एस धनोवा और जल सेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे

पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदो की आज दिल्ली में हुई बैठक में उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया नवनिर्वाचित सांसदो ने संसद के आगामी अधिवेशन में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाताओ और कांग्रेस कार्यकर्ताओ का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को यह याद रखना होगा कि वह संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है

राज्यसभा की बैठके इस महीने की बीस तारीख से होगी कल शाम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संसद का सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की उन्नीस तारीख को होगा राष्ट्रपति बीस जून को संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगे आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केंद्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा

दो दिवसीय सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जायेगी इससे पहले रविवार को राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा राजभवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलायेंगे

कल ईटानगर में जेडीयू विधायक दल के नेता तेची कासो ने संवाददाताओ को संबोधित करते हुए यह घोषणा की उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाईटेड राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का घटक है और इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है

संगठन ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ त्वरित कदम उठाने की मांग की है

ईटानगर के जवाहर लाल नेहरु संग्रहालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री चाऊना मेन अरुणाचल प्रदेश लिटेररी सोसायटी के अध्यक्ष वाईडी थोंगची सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इस अवसर पर साहित्यकार तागंग ताकी को इस वर्ष का लुमेर दाई साहित्य अवार्ड प्रदान किया गया समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री चाऊना मेन ने उन्हे राज्य का गौरव बताया उपमुख्यमंत्री ने यूवाओं से उनसे प्रेरणा लेकर रचनात्मक कार्य करने का आह्वान किया उधर लुमेर दाई के पैतृक गांव ईस्ट सियांग जिले के सिलुक में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में जिला उपायुक्त सहित अनेक गणमान्य लोगो में उनकी मुर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की बाद में विद्यालय परिसर में उनकी स्मृति में जिला उपायूक्त किन्नी सिंह सहित अन्य लोगो ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इक्कीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया